संस्थान में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने पहले बैच के एम बी बी एस छात्रों को एडमिशन लेटर प्रदान किया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थकेयर और मेडिकल एज्रकेशन के क्षेत्र में आज का दिन अरुणाचल प्रदेश के लिए ऎतिहासिक दिन है और इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा उन्होंने इसे साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले लोगों की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सहायता से ही पहले मेडिकल कॉलेज को खोलना संभव हुआ है उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना से प्रदेश के गरीब लोगों को शिक्षा और चिकित्सा के लिए दूर नही जाना पड़ेगा श्री खाण्डू ने इस सपने को साकार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खाण्डु जारबम गामलिन कालिखो पुल और नाबम तुकी के प्रति आभार व्यक्त किया वर्तमान समय में ट्रिम्स में की पचास सीटों में से उनतालीस सीटें राज्य कोटे से भरी गई है और ग्यारह सीटें सेंट्रल और एन आर आई कोटे से भरी जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में ट्रिम्स में एम बी बी एस सीटों की संख्या पचास से बढ़ाकर सौ करने और इस अस्पताल को तीन सौ बेड से बढ़ाकर पांच सौ बेड में विकसित करने की योजना है उन्होंने बताया कि तीन से पांच वर्षों में पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल विषयों में पोस्ट ग्रेज़एट पाठ्यक्रम शुरु करने की योजना है उन्होंने कहा कि एक वर्ष के अंदर कार्डियोलोजी पेडियाट्रिक सर्जरी और ओन्कोलोजी की व्यवस्था होगी और अगले दो वर्षों में इमरजेंसी और ट्रोमा सेंटर भी खोला जाएगा लोअर दिवांग वैली जिला मुख्यालय रोइंग के मिडिल मार्केट लाईन में कल रात एक भीषण आग दुर्घटना में करीब पैतीस दुकानो की जलकर नष्ट होने की खबर है हालांकि इस दूर्घटना में कोई हताहत नही हुआ है आग दूर्घटना पर काबू पाने के लिए रोइंग के अलावा तेजू और पड़ोसी राज्य असम के अग्निशमन वाहनों की सहायता लेनी पड़ी मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने रोइंग बाजार में आग दुर्घटना से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है उन्होंने आग द्र्घटना पर काबू पाने में राज्य पुलिस की सहायता के लिए भारतीय सेना केंद्रीय अर्ध सैनिक बलो और सीमा सड़क संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सहायता देने का निर्देश दिया है

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को वायू सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य से तैतीस अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों का दौरा करने की अनुमति देने को कहा राज्यपाल ने दोलूंगमुख एयरफोर्स फायरिंग रेंज के मुद्दे पर वायू सेना प्रमुख से स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को सार्वजनिक रुप से अपना आधार नंबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर न देने के बारे में आगाह किया है कुछ लोगों द्वारा अपनी आधार संख्या इंटरनेट पर दिए जाने की खबरे सोशल मीडिया पर आने के बाद यह परामर्श जारी किया गया है प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां गैर कानूनी है और इनसे बचा जाना चाहिए आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लाभों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है